हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा के तीन सांसदों को राज्य मंत्री बनाये जाने पर प्रसन्नता ज़ाहिर की आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर हरियाणा में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पंचकुला में तम्बाक् के न्कसान बारे जागरूक कार्य करने में उल्लेखनीय कार्य करेन वाले डाक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने लोकसभा च्नाव में हई हार के लिये ईवीएम और भीतरधात को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सबूत मिलने पर पार्टी को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ कारवाई होगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गये मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन कर दिया है कई मंत्रियों को एक से अधिक मंत्रालयों का कार्यभार भी सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह नये ग्रहमंत्री होंगे जबकि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है श्रीमती सीतारमन वित और निगमित मामलों की मंत्री होगी वही एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक नए मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे डा हर्षवर्धन स्वास्थ्सय और परिवार कल्या एंव विज्ञान प्रौदयोगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देखेंगे प्रकाश जोवड़ेकर को फिर से पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज को भी देखेंगे पीयूष गोयल रेल मंत्रालय में बरकार रहेंगे और साथ ही वह वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय का कामकाज देखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी पिछली बार की तरह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे कर्मचारी वर्ग लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय परमाण् ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग को प्रधानमंत्री ने अपने पास रखा है

हरदीप सिंह प्री को आवास और शहरी मामले राज्य मंत्री का स्वंतन्न प्रभार दिया गया है वो उदयोग और वाणिज्य मंत्रालय कार्यभार भी देखेंगे राज्य सभा सदस्य हरदीप प्री ने अमृतसर से च्नाव लड़ा था राज्य मंत्री बनाये गये अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री रतन लाल कटारिया को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है श्री सोम प्रकाश को वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है पिछली सरकार मे मंत्री रहे श्री कृष्ण पाल को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बनाया गया है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य और प्रसंस्कारण मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे ग्रूग्राम से सांसद राव इन्द्रजीत सिंह राज्य मंत्री बनाये गये है उनकों संख्यायिकी और योजनाओं को क्रियान्वयन करने बारे मंत्रालय और योजना मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार दिया गया है हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व करने का सुअवसर प्रदान किया है उनके प्रधानमंत्री बनने से देश पूर्व की भान्ति भविष्य में भी अभृतपूर्व प्रगति करेगा जिससे देश का विश्व में और सम्मान बढ़ेगा श्री आर्य ने हरियाणा के तीन सांसदों को भी केन्द्रीय मंत्री बनने पर बधाई एवं श्भकामनाएं दी है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल में प्रदेश के नवनिर्वाचित तीन सांसदों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में उन्होंने ग्रुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह फरीदाबाद के सांसद श्री कृष्णपाल ग्र्जर व अंबाला के सांसद श्री रतन लाल कटारिया को केन्द्रीय मंत्रीमंडल में शामिल किए जाने पर उन्हें हार्दिक श्भकामनाएं दी है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को न नशा करने और न नशा करने देने का संकल्प लेने की अपील की है आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य में तंबाक् सेवन ध्म्रपान का बढ़ता चलन समाज को अंधकार की ओर धकेलता जा रहा है जिसका एकमात्र उपाय जागरूकता ही है उन्होंने लोगों से तम्बाकू की जगह जिंदगी च्नने की अपील भी की

इस मौके पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पंचकूला के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय मिशन निदेशक श्रीमती अवनीत पी कुमार ने की उन्होंने अपने सम्बोधन में तम्बाकु के सेवन से होने वाली लाइजाज बीमारियों के बारे बताया उनहोंने तम्बाकू के धातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के आठ डाकटरों और कर्मचारियों को प्रंशसापत्र देकर सम्मानित किया और इसमें विशेष सहयोग के लिये पुलिस उपाय्क्त कमलदीप गोयल को भी प्रंशसा पत्र भेंट किया

राष्ट्रीय तम्बाक् नियंत्रण कार्यक्रम की निदेशक डा वीना सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत में तम्बाकु से होने वाली विभन्न बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष दस लाख लोगों की मृत्य् होती है

पलवल के नागरिक अस्पताल में भी तम्बाक् जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर अस्पताल में आने वालों लोगों को तम्बाक़ से होने वाले द्रष्परिणामों के बारे जागरूक किया गया पलवल के गांव दुर्गापुर में विशेष कान्नी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगाये गये शिविर में ग्रामीणों को मानव शरीर पर तम्बाकू के द्ष्प्रभावों और धूमपान की रोकथाम सम्बधी कानूनी जानकारी दी गई फतेहाबाद में सिविल सर्जन डा मनीष बंसल की अग्रवाई में एक जागरूकता मुहिम चलाई गई और एक जागरूकता वाहन को भी रवाना किया गया डा बंसल ने मौके पर उपस्थित सदस्यों को तम्बाकु का सेवन ने करने की शपथ दिलाई तथा हम मे है दम तम्बाकू को न कहें थीम पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिस पर सैकेंडों लोगोंने हस्ताक्षर करते हये जीवन में जीवन में कभी तम्बाक् का सेवन ने करने तथा अन्य लोगों को भी तम्बाक् का सेवन न करने के लिये जागरूक करने का प्रण लिया रोहतक से हमारे संवादाता ने बताया है कि पीजीआई रोहतक में भी प्रदर्शनी के जरिये लोगों को तम्बाकु से स्वास्थ्य पर होने वाले न्कसान के बारे जागरूक किया गया यम्नानगर मे भी इस मौके पर शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये गये

हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने लोकसभा चुनाव में हई हार के लिये इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और भीतरधात जिम्मेदार पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को मानव मशीन का संज्ञा देते हये कहा कि अगर किसी के सब्त मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी श्री तंवर आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे कांग्रेस के मीडिया चर्चा में भाग न लिये जाने के फैसले पर श्री तंवर ने कहा कि इसके बारे में केन्द्रीय समिति से बात की जायेगी क्योकि विधानसभा चुनाव में इस फैसले के कारण म्श्किल हो सकती है

तापमान मे हई वृदवि से दोनों प्रदेशां में लू चल रही है जिससे दिन में बाहर निकलना म्श्किल हो गया है